जलाशय बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी कलेक्टरों को जिले के बड़े बांधों और जलाशयों की स्थिति पर नजर रखने के निर्देश दिये हैं उन्होंने बांधों और जलाशयों के लिए तैनात अमले को पूरी रतह सतर्क रहने को कहा है

मुख्यमंत्री ने अतिवृष्टि और बाढ़ से प्रभावितों फसलों और संपत्तियों को हए नुकसान का प्राथमिकता से सर्व कराये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की संयुक्त टीम बनाकर समयसीमा में ये कार्य पूरा किया जाना चाहिए श्री चौहान ने बाढ़ राहत शिविरों में भोजन आदि सभी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा साथ ही मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ विभाग को कदम उठाने के निर्देश दिये पीएम साझेदारी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिये एक अरब तीस करोड़ भारतीयों ने एक मिशन पर काम करने का संकल्प लिया है जिसका लक्ष्य एक सक्रिय विनिर्माण केंद्र की शक्ल में उभरना है श्री मोदी ने कल अमरीका भारत सामरिक साझेदारी फोरम के तीसरे नेतृत्व शिखर सम्मेलन को संबोधित किया मुख्य भाषण देते हए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने सही समय पर फिर से दिखलाया है कि हमारा वैश्विक लक्ष्य अच्छा है

श्री मोदी ने कहा कि महामारी के समय अस्सी करोड़ भारतीयों को सहायता प्रदान की जा रही है श्री मोदी ने कहा कि सरकार इस विषय पर स्पष्ट थी कि गरीबों की रक्षा की जानी चाहिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना विश्व भर में कहीं भी देखी जाने वाली सबसे बड़ी सहायता प्रणाली में से एक है उन्होंने कहा कि अस्सी करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है

वहीं राज्य पर्यटन विकास निगम के प्रबंध संचालक एस विश्वनाथन ने बताया कि सितंबर के अंतिम सप्ताह से निगम के हलाली रिट्रीट पर पिकनीक के साथ ही पारिवारिक और सामाजिक आयोजन के लिए बुकिंग शुरू हो जायेगी

कुपोषण अभियान इंदौर जिले को कुपोषण मुक्त जिला बनाने के लिए विषेष अभियान चलाया जाएगा इसके लिये जिला प्रषासन ने समेकित स्वास्थ्य एवं पोषण कार्ययोजना तैयार की है इसका क्रियान्वयन स्वास्थ्य शिक्षा ग्रामीण विकास सहित अन्य विभागों के सहयोग से किया जाएगा कलेक्टर मनीष सिंह ने बताया कि बच्चों का अल्प पोषण से बचाव बच्चों किशोरी बालिकाओं गर्भवती महिलाओं में एनिमिया को दूर करना और कम वजन के साथ जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या में कमी लाने जैसे महत्वपूर्ण बिंद्ओं पर आधारित यह अभियान होगा इस अभियान में गर्भवती महिलाओं के साथ साथ षासकीय और निजी विद्यालयों की बालिकाओं को आयरन की गोलियां देने का लक्ष्य भी तय किया गया है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी देते हए कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार से आग्रह किया गया था उन्होंने इस फैसले के लिए केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर का आभार व्यक्त किया

इनमें सागर के अलावा छतरपुर दमोह और टीकमगढ़ के मरीज शामिल है

बीजेपी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा है कि आगामी उपचुनाव में भाजपा सरकार के गरीब किसान और महिला वर्ग के लिए जनहितैषी निर्णयों को जनता तक पहॅचाया जायेगा उन्होंने कल भोपाल में चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में कार्यकर्ताओं से सकिय होने को कहा बैठक में केन्द्रीय मंत्री फग्गन सिंह क्लस्ते और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेन्द्र सिंह भी मौजूद थे

अन्य कार्यकम में भाग लेने के बाद वे शाम को शिवपुरी रवाना होंगे

दोपहर बाद वे सीहोर जिले के नसरूल्लागंज भी जायेंगे